आज पुणे में एक समारोह में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों और जातियों के बीच परस्पर सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि दूरदराज के काश्तकार भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जोधपुर में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और किसानों के लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की तथा जनसभा को सम्बोधित किया

हिमाचल प्रदेश से बांधों में पानी की कम आवक के कारण यह स्थिति बनीहै भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की कल चंडीगढ में हुई बैठक में राजस्थान का हिस्सा छह हजार पचास क्यूसेक निर्धारित किया गया जो पीने के लिए ही हो पाएगा

षिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज जयपुर में कुछ अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान कर इसका शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायत प्रारंभिक षिक्षा अधिकारियों को लेपटॉप दिए जाने से अब उनके कार्य में और गति आएगी तथा वे विद्यालयों की और प्रभावी ढंग से मोनिटरिंग कर पाएंगे उन्होंने विद्यालयों को ड्रॉप आउट फ्री किए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में षिक्षा अधिकारियों को प्रभावी भूमिका निभाने की अपील की

युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आहवान पर वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज लगभग सामान्य है सुरक्षित अप्रवासन और उसके लिए जरूरी पूर्व तैयारियों पर विदेष मंत्रालय की ओर से जयपुर में आयोजित दो दिवसीय कार्यषाला का आज समापन हुआ कार्यषाला में सुरक्षित अप्रवासन के लिए जरूरी चीजों कबूतरबाजों से बचने विदेष में मदद तथा अप्रवासी कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गयी कार्यषाला के समापन सत्र में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रवासियों को उनके हितों के बारे में जागरूक किया जाना बहत जरूरी है

इस परीक्षा में तरूण शर्मा ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किये

पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने गांव लोसड़ा बड़ा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने आज चित्तौडगढ में महिला अधिकारिता से जुडे मामलों की जन सुनवाई कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये

राजसमन्द में कुंभलगढ क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों की गणना का कार्य आज सुबह पूरा हो गया हनुमानगढ जिले में आज हनुमानगढ टाउन स्थित जिला अस्पताल में कैंसर वार्ड का जल संसाधन मंत्री डा रामप्रताप ने उद्घाटन किया

झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत ने आज झुंझुनू शहर में साढे चार करोड़ रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया

आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और हल्की बारिष से मौसम खुषनुमा हो गया

राजधानी जयपुर में एक घंटे तक हल्की आंधी और बारिष हुई

दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में आज भी लू और तेज गर्मी का दौर जारी रहा